इस चरण में बीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इक्यानवे सीटों के लिए मतदान होगा प्रचार अभियान मंगलवार को समाप्त हो जाएगा मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा प्रदेश में पहले चरण में जिन आठ सीटों के लिए मतदान होगा उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर विजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्दनगर शामिल हैं इस बीच राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं प्र्यानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही भारत में फोन की सुविधा निशुल्क हो जायेगी और इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम होगी उन्होंने कहा है कि भारत और बांगलादेश भूमि समझौते के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने दोनों देशों की सीमाओं पर बसी बस्तियों के निवासियों की समस्याओं का समाधान कर दिया है श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने कूचबिहार के विकास और विशेषकर इन बस्तियों के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त राशि मुहैया कराई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने एनडीए सरकार पर खराब प्रदर्शन और दो हजार चौदह के आम चुनाव में जनता से किए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया है श्री शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य युवाओं किसानों और गरीबों को न्याय दिलाना है भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसमाओं को संबोधित किया पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्नाडीएमके पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने वाराणसी और चन्दौली में चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कानपुर डुमरियागंज और बस्ती में चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया तथा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की केन्द्रीय मंत्री जेपीनड्डा ने आज लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज सहारनपुर के देवबंद से अपना संयुक्त प्रचार अभियान शुरू किया निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर चुनाव के सभी चरणों में मतदान के दिन और एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पाबंदी लगा दी है आयोग ने कहा है कि चुनाव के समय ऐसे विज्ञापनों से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा राज्यों के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को संबोधित पत्र में निर्वाचन आयोग ने इस बारे में सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और समाचार पत्रों को दिशा निर्देश जारी करने को कहा है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहे नवरात्र मेले जोरों पर है नवरात्र के दूसरे दिन आज मॉ ब्रम्हचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिये श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है सभी स्थानों पर लगे मेलों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं मिर्जाप्र जिले के विन्ध्याचल स्थित शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर और नैमिषारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर लगे चैत्र नवरात्र मेलो में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है वाराणसी के द्र्गाकृष्ड सहित सभी देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिये श्रद्वाल्ओं का तांता लगा हुआ है पूर्वी जिलों में स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर लगे नवरात्र मेलों में भारी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं गोरखपुर जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर पर चल रहे चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है श्रद्वालू माता के दर्शन पूजन के अलावा मेले में खरीददारी भी कर रहे हैं तरकुलहा मेला मसालों के बाजार के लिये प्रसिद्व है

नेपाल की सीमा से लगे महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान के लिये एकत्र हैं प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ हुई वर्षा के कारण खेतों में खड़ी रबी की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है बस्ती गोरखपुर महाराजगंज और बहराइच जिलों में सबसे ज्यादा असर हुआ है एक रिपोर्ट राज्य के पश्चिमी मध्य और तराई के कई जिलों में कल रात से ही मौसम बदल गया बारिश के साथ तेज हवाओं और कई जगहों पर ओते गिरने की वजह से खेतों में तैयार फसल को काफी नुकसान पहंचा है पेड़ गिरने से सड़क यातायात प्रभावित हथा है साथ ही बिजली की आपूर्ति भी बाघित हुई है मौसम विमाग ने अगले चौबीस घंटों के भीतर राज्य के विमिन्न स्थानों पर अंबी तूफान और तेज हवाओं के साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ